सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें संसद बजट संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई इसी के साथ बजट सत्र समय से पहले समाप्त हो गया बजट अधिवेशन का दूसरा चरण आठ मार्च को शुरू हुआ था और इसे आठ अप्रैल को समाप्त होना था

समापति ने देश में कोविड के बढते मामलों पर चिंता प्रकट की और लोगों से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने और टीका लगवाने के लिए आगे आने का अनुरोध किया श्रद्वाजंलि मंडी के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मंडी में एक समारोह का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर सहित जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकूर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेताओं ने रामस्वरूप शर्मा को श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो भिनट का मौन भी रखा गया बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा का निधन पार्टी व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है जयराम ठाकुर ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा के सपनों को सभी के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा किया है मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले ही अपनी हार मान ली है और कांग्रेस नेता तथ्यहीन व्यानबाजी कर रहे है सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव की स्थिति है और हर नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार समझ रहा है एक सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक अनिल शर्मा नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए काम करेंगे और यदि उनके कार्यों में अनुशासनहीनता नज़र आएगी तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है उना जिले के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

लाहौल वैक्सीनेशन जनजातीय जिले लाहौल स्पिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है क्षेत्रीय अस्पताल केलंग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरचा जहालमा और थोलंग में आज टीकाकरण अभियान में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया